प्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू सभी जिला कलेक्टरों को मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालो की संख्या में हुआ ईजाफा